मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा देश की आर्थिकी मज़बूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं निर्यातक केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण कहा फेक न्यूज़ से बचना एक बड़ी चुनौती आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत देश भर में स्थापित होंगे डेढ़ लाख स्वास्थ्य केन्द्र

शिमला पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया कलराज मिश्र को पहाड़ी टोपी व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया

समारोह के लिए राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि राज्य सरकार निवेशकों को अनेक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य में अनुकूल वातावरण होने के कारण प्रदेश का निर्यात क्षेत्र में प्रदर्शन तेजी से प्रगति कर रहा है मुख्यमंत्री कल शाम शिमला में उत्तरी क्षेत्र निर्यात पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे

वीरेन्द्र कंवर ऊना ज़िले में मॉनसून के सीज़न में करीब दो लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है ऊना की अप्पर कोटला कलां पंचायत में वन महोत्सव के शुभारम्भ पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज एक बड़ी चुनौती है जिससे निपटने के लिए पौधरोपण बेहद जुरूरी है उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक प्रयास कर रही है और भूजल स्तर में आ रही गिरावट रोकने के लिए जल शक्ति अभियान शुरू किया गया है वीरेन्द्र कंवर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने पडयोगा धरेत संपर्क मार्ग सहित थानाकलां में स्कूल भवन का भी शुभारम्भ किया इधर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कसौली क्षेत्र के भोजनगर के अलावा परवाणू में वन महोत्सव की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनने की ज़रूरत है

प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात की यह दूसरी कड़ी होगी ई टॉयलेट वन मंत्री गोविंद ठाकुर के निर्देश पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मनाली वॉल्वो बस अड्डे पर ई शौचालय स्थापित किया है वॉल्वो बस स्टैंड का निरीक्षण करने के बाद गोविंद ठाकुर ने बताया कि ये ई शौचालय आधुनिक सुविधाओं से लैस है कुल्लू जिले में ये पहला ई शौचालय है स्कूल सोलन के समीप राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोठों के भवन में दरारें पड़ने का मामला सामने आया है जानकारी के अनुसार स्कूल के समीप एक निजी भवन के निर्माण के लिए की जा रही कटिंग के चलते दरारें पड़ने से स्कूल भवन के लिए खतरा हो गया है

दूसरी ओर सोलन के एसडीएम रोहित राठौर ने बताया कि पंचायत से सूचना मिलने के बाद निरीक्षण के लिए एक टीम मौके पर भेजी गई और आगामी कार्रवाई की जा रही है

एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में कम्पनियों से सीमेंट के दाम कम करवाए गए थे लेकिन वर्तमान में कीमतों में जो उछाल आया है वो जनता की जेब पर बोझ है अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस इस मामले को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रमुखता से उठाएगी महिला मोर्चा प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकारी अध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर ने कहा है कि मोर्चा की बैठक जल्द बुलाई जाएगी एक बयान में उन्होंने कहा कि बैठक में महिला मोर्चा को मज़बूत बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी उन्होंने कहा कि संगठन की आगामी गतिविधियों को लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि फेक न्यूज़ से बचना मीडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वे गुरूग्राम में विश्व संवाद केन्द्र न्यास द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह में बोल रहे थे अनुराग ठाकुर ने कहा कि फेक न्यूज से निपटने के लिए हम सभी को अपनी भूमिका तय करनी होगी उन्होंने कहा कि निष्पक्षता पत्रकारिता का धर्म है और पत्रकार केवल सच का पक्षकार हो सकता है अनुराग ठाकुर ने कहा कि मीडिया के पास अभिव्यवित के असीमित माध्यम व शक्तियां हैं जिसके चलते प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए पत्रकार का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है पुस्तकालय शिमला स्थित प्रदेश विश्वविद्यालय के परिसर में दृष्टिबाधित व दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम्य पुस्तकालय का निर्माण किया गया है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस कार्यक्रम के तहत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने हैं उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम सबके लिये स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का एक सफल मॉडल है

कार्यशाला केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों व बागवानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए कुल्लू ज़िले के पतलीकूहल में आज एक कार्यशाला लगाई गई इस अवसर पर एचपीएमसी के उपाध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण को विशेष रूप से बढ़ावा दे रही है इससे किसानों बागवानों को फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे और उनकी आय में भी वृद्वि हो सकेगी विधिक साक्षरता चम्बा ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मैहला पंचायत में आज विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अभय मण्डयाल ने स्थानीय लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण मध्यस्थता के माध्यम से विवादित पक्षों के बीच समझौते की आधारभूत भूमि तैयार करता है और पक्षों के बीच आपसी बातचीत व विचार का माध्यम बनता है राजेन्द्र गर्ग बिलासपुर जिले में घुमारवीं के पड़यालग में विद्युतीकृत बोरवैल का विधायक राजेन्द्र गर्ग ने आज शुभारम्म किया

हिमालय मंच हिमालय साहित्य संस्कृति व पर्यावरण मंच ने शिमला में तारादेवी से समरहिल रेलवे ट्रैक पर आज पैदल पर्यावरण यात्रा का आयोजन किया मंच के अध्यक्ष एसआर हरनोट ने बताया कि यात्रा के दौरान लेखकों ने ट्रैक के आसपास बिखरे पॉलीथीन कचरे को साफ किया

माकपा माकपा की शिमला ज़िला इकाई ने पानी की दरों में वृद्धि के बाद शहर में सीवरेज चार्ज बढ़ाने की निंदा की है पार्टी के ज़िला सचिव संजय चौहान ने कीमतों में वृद्वि के निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है उन्होंने उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के आधार पर हर महीने बिल देने और सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का भी आग्रह किया है